उन्होंने कहा कि दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए परस्पर सहयोग और बढ़ाएंगे श्री मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिन्दा राजपक्ष के साथ आज नई दिल्ली में बातचीत के बाद प्रेस वक्तव्य में कहा कि भारत और श्रीलंका आपसी संबंधों को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है भारत और श्रीलंका अनादि काल से पड़ोसी भी हैं और घनिष्ठ मित्र भी हैं हमारे संबंघों के इतिहास का ताना बाना संस्कृ ति धर्म अध्यात्म कला और भाषा जैसे अन गिनत रंग बिरंगी धागों से बुना गया है चाहे सुरक्षा हो या अर्थव्यवस्था या सामाजिक प्रगति हर क्षेत्र में हमारा अतीत और हमारा भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है रक्षा मंत्रालय के महत्वपूर्ण द्विवार्षिक आयोजन रक्षा प्रदर्शनी दो हजार बीस का आज लखनऊ में औपचारिक समापन हुआ समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की सबसे भव्य रक्षा प्रदर्शनी के आयोजन से एक बार फिर साबित हो गया है कि प्रदेश बड़े से बड़े आयोजनों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की क्षमता रखता है उन्होंने कहा कि रक्षा प्रदर्शनी में कल हुए तेईस समझौता ज्ञापनों से पचास हजार करोड़ रूपये से अधिक का निवेश आएगा जिससे तीन लाख नए रोजगार का सुजन होगा मुख्यमंत्री ने रक्षा प्रदर्शनी को अद्वितीय और अविस्मरणीय बताते हुए कहा कि प्रदर्शनी में पिछले चार दिनों में सत्तर देशों के तीन हजार से अधिक विदेशी प्रतिनिधि शामिल हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार अट्ठारह में प्रदेश में पहला इनवेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया जिसमें पांच लाख करोड़ रूपये का निवेश प्रदेश को मिला था मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें से ढाई लाख करोड़ रूपये के निवेश को धरातल पर उतारा जा चुका है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निवेश के माध्यम से रोजगार सुजन की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है इस अवसर पर अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश सरकार को रक्षा प्रदर्शनी के सफल आयोजन के लिए बधाई दी उन्होंने उत्तर प्रदेश को असाधारण क्षमताओं वाला प्रदेश बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में प्रदेश निरंतर विकास पथ पर अग्रसर है इस बीच रक्षा प्रदर्शनी आज से आम जनता के लिए खुल गयी प्रदर्शनी में कल दोपहर तक बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का अनुमान है उधर रक्षा प्रदर्शनी में कल तीसरे दिन दो सौ से अधिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और कई रक्षा उत्पाद जारी किए गए रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद यशो नाइक ने आकाशवाणी को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सफलतापूर्वक रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया और यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ आयोजन रहा रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि सरकार रक्षा उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए बौद्विक सम्पदा अधिकार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर तेजी से कार्य कर रही है

व्यापार संगठनों उद्योगों वाणिज्य मंडलों बैंकों बीमा और सहकारी संस्थाओं के सदस्यों के साथ आज चेन्नई में बातचीत में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि हालांकि अभी बजट संसद में पारित होना बाकी है लेकिन सरकार सबको साथ लेकर चलना चाहती है उन्होंने कहा कि बजट तैयार करते समय जो सोलह महत्वपूर्ण बिंदु तय किए गए हैं वे ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र के विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखकर निर्घारित किए गए हैं अर्थव्यवस्था में सुधार की दिशा में सरकार की विभिन्न उपलब्धियों की चर्चा करते हए श्रीमती सीतारामन ने भरोसा दिलाया कि सरकार आठ प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रही है केन्द्र सरकार ने समी बारह प्रमुख बंदरगाहों को नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की जांच और संक्रमित लोगों को अलग थलग रखने की व्यवस्था करने को कहा है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर हर्षक्धन ने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने देश में संक्रमण रोकने के कई अन्य उपाय भी किये हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने बताया कि देश में कोरोना वायरस का कोई संक्रमण नहीं मिला है स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है प्रधानमंत्री कार्यालय स्वास्थ्य मंत्री और कैबिनेट सचिव रोकथाम की तैयारियों पर लगातार नजर रख रहे हैं इस बीच चीन में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या सात सौ तेईस हो गई है अमरीका ने नोवेल कोरोना वायरस के तेज फैलाव को रोकने के लिए चीन तथा अन्य प्रभावित देशों को दस करोड डॉलर देने की पेशकश की है